देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा कि इस उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र ने सिर्फ तीन मिनट में उपग्रह को नष्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहुत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया उन्होंने कहा कि अमरीका रुस और चीन के बाद यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है श्री मोदी ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहुत ही जटिल अभियान था जिसे असाधारण सूक्ष्मता के साथ हासिल किया गया यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताया उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया कि भारत अपनी इस क्षमता का उपयोग किसी के खिलाफ नहीं करेगा और यह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता देश को और मजबूत और सुरक्षित बनायेगी और शांति और सदभाव को बढ़ावा देगी राज्य विधान सभा के लिए आज सात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए इसी के साथ उम्मीदवारों की संख्या एक सौ इक्यानवे रह गई है याचुली विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाईटेड के उम्मीदवार तोको याराम द्वारा अपना नाम वापस लेने से भाजपा के ताबा तेदिर का निर्विरोध निर्वाचन तय है इसके अलावा कल आलो से कांग्रेस उम्मीदवार मिंकी लोलेन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंतो जिनी का भी निर्विरोध चुना जाना तय है कल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और इसी के बाद राज्य विधान सभा और लोकसभा की असली तस्वीर साफ होगी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में अवैध संसाधनों का इस्तेमाल रोकने के प्रयोजन से छह राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश गुजरात कर्नाटक नगालैंड और तेलंगाना के लिए इनकी नियुक्ति की गई है आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व सदस्य गोपाल मुखर्जी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष व्यय प्रेक्षक बनाया है पूर्व आयकर जांच महानिदेशक डी डी गोयल अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए व्यय प्रेक्षक बनाए गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं क्रोएशिया में राजधानी जगरेब में कल शाम भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि विश्व समुदाय को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जरुरत है जो आतंकवादियों को पनाह और मदद देते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने लोगो को संरक्षण देने और उनके कल्याण के लिए सभी उपाय करेगा राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश में एक नई गतिशीलता का माहौल है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भारत क्रोएशिया आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे केंद्र में नवगठित लोकपाल संस्था के सभी अठ सदस्यों को आज नई दिल्ली में उनके पद की शपथ दिलाई गई संस्था के प्रमुख न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने इन लोगों को शपथ दिलाई शपथ लेने वाले सदस्य हैं दिलीप भोंसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलाषा कुमारी अजय कुमार त्रिपाठी अर्चना रामसुंदरम दिनेश कुमार जैन महेन्दर सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम राजधानी क्षेत्र ईटानगर के डॉन बोस्को कॉलेज जोलांग में आयोजित पूर्वोत्तर राष्ट्रीय सेवा योजना एन एस एस का शिविर आज संपन्न हो गया पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य की शिक्षा सचिव मधुरानी तियोतिया ने कहा कि युवा देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है इस अवसर पर पूर्वोत्तर के आठो राज्यों कें लोकनृत्य प्रदर्शित किए गए देरा नातूंग राजकीय महाविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय इंटर कॉलेज कविता और कला महोत्सव कल संपन्न हो गया इसमें प्रदेश के महाविद्यालयों की छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर पेंटिंग को प्रदर्शित किया

आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया